राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहीं इस दौरान प्रदेश के सभी ज़िलो के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए

मंडी समारोह मंडी के सेरी मंच पर गणतंत्र दिवस समारोह की विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अध्यक्षता की उन्होंने आकर्षक मार्चपास्ट से सलामी ली और लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी बिंदल ने कहा कि राज्य के वीर सैनिक देश की सुरक्षा में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं

उन्होंने पुलिस होमगार्ड एनसीसी और एनएसएस द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली

किशन कपूर ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया ऊना समारोह ऊना में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के कारण आज हमारा देश न केवल स्वतंत्र बल्कि एक मज़बूत गणराज्य के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा है सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार वचनबद्ध है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सोलन समारोह सोलन में ज़िला स्तरीय समारोह की कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को जहर मुक्त अन्न उत्पादित करने वाला राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है

बिलासपुर समारोह बिलासपुर में हुए समारोह में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि आज का दिन उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी और रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुड़िया हैल्पलाईन और शक्ति बटन ऐप की शुरूआत कर महिला सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं

हुमीरपुर समारोह हमीरपुर में हए समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट से सलामी ली

कांगडा समारोह धर्मशाला में ज़िलास्तरीय समारोह की वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने अध्यक्षता की

गोविंद ठाकुर ने धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी नाहन समारोह सिरमौर ज़िला मुख्यालय नाहन में हुए समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया

चंबा समारोह चंबा में ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक चौगान मैदान में ध्रमधाम से मनाया गया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और शहीद वीर जवानों को याद किया

केलंग किन्नौर जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठंड के बावजूद गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया एसडीएम अमर नेगी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया

कार्यवाहक उपायुक्त अवनिन्द्र कुमार ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया